उज्जैन से वाराणसी के बीच चलेगी विषेष ट्रेनरेल मंत्री पीयूष गोयल ने की घोषणा विवेकानंद जयंती पर प्रदेष भर में हुए सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन

उन्होने आज जबलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक ने षरणार्थियों को देष में षरण देने के लिये हर संभव मदद देने का आष्वासन दिया था इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता भी मौजूद थे उधर मंदसौर में केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गेहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक संगोष्ठी को संबोधित किया उन्होंने कहा कि संसद ने यह कानून बहमत से पारित किया है जिसे सभी राज्यो को लागू करना ही होगा कोई भी राज्य इस कानून को लागू करने से इंकार नही कर सकता

उन्होनें आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह ट्रेन आइआरसीटीसी द्वारा चलायी जाएगी और इससे इन दोनों ही षहरों में आने वाले पर्यटकों को फायदा होगा श्री गोयल एक दिन की यात्रा पर प्रदेष आये थे उन्होंने बताया कि रेलवे में बाहरी एजेंसी और निवेष आने से रेलवे और यात्रियों दोनों को फायदा मिलेगा रेल मंत्री ने बताया कि देश में रेलगाडियों के परिचालन को बेहतर बनाने के लिये उन सभी स्टेशनों पर गाडियो का ठहराव बंद किया जाएगा जहां से यात्रियों का आवागमन कम है

सूर्य नमस्कार स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया भोपाल स्थित सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री डाक्टर प्रभुराम चौधरी और जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए वहीं राज्य मंत्रीमंडल के अन्य सदस्यों ने अलग अलग जिलों मे ंसूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया राज्य के ग्वालियर मुरैना शिवपुरी सागर इंदौर जबलपुर रीवा सतना उज्जैन मंदसौर होशंगाबाद रायसेन देवास रतलाम बालाघाट बैतूल डिण्डौरी आगरमालवा अषोकनगर बडवानीनीमच सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया

इस परीक्षा में साढ़े तीन लाख से अधिक परीक्षार्थी षामिल हुए दो पारियों में हुई इस परीक्षा के लिये सबसे ज्यादा केन्द्र इंदौर में और सबसे कम निवाड़ी जिले में बनाये गये थे

अन्य जिलों से भी षांतिपूर्ण परीक्षा के समाचार मिले है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

यह जानकारी देते हुए महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डाक्टर पंकज लक्ष्मण जानी ने संवाददाताओं को बताया कि राज्यपाल लालजी टंडन की प्रेरणा से मध्यप्रदेश में पहली बार इस सभा का आयोजन किया जा रहा है डाक्टर जानी ने बताया कि इस शास्त्रार्थ सभा में व्याकरण न्याय ज्योतिषशास्त्र और साहित्य शास्त्र पर आधारित सभाओं का आयोजन किया जाएगा पत्रकार वार्ता में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलसचिव डाक्टर एल एससोलंकी और डाक्टर तुलसीदास परौहा ने एक प्रश्न के जबाब में बताया कि शास्त्रार्थ सभा के निष्कर्षों को पुस्तक रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा खेलो इंडिया गुवाहाटी में खेले जा रहे खेलो इंडिया में मध्यप्रदेष के खिलाडियों का षानदार प्रदर्षन जारी है

इन खेलो में जिम्नास्टिक एथलेटिक्स डबल्स टेनिस और जूडो सहित कई मुकाबले खेले जा रहे है